राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार एक सौ बारह हुई एक हजार चार सौ छियालीस मरीज हुए स्वस्थ ग्यारह मरीजों की हुई मौत झारखंड उच्च न्यायालय ने छठी सिविल सेवा के परिणाम को लेकर जेपीएससी से मांगा जवाब दस्तावेजों के साथ शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश

ओड़िसा के जगन्नाथ पुरी में कल रथयात्रा निकलेगी सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी इजाजत दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिर कमेटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के को ऑर्डिनेशन में यात्रा निकालें लेकिन लोगों की सेहत से समझौता नहीं होना चाहिए अगर हालात बेकाब होते दिखें तो ओडिशा सरकार यात्रा या उत्सव को रोक सकती है साथ ही कहा कि पुरी के अलावा ओड़िशा में कहीं और यात्रा नहीं निकाली जाएगी

इस पर केंद्र सरकार की याचिका दायर पर महाधिवक्ता ने कहा कि एक दिन का कर्फ्यू लगाकर यात्रा निकाली जा सकती है ओड़िशा सरकार ने भी इसका समर्थन किया था कि कुछ शर्तों के साथ आयोजन हो सकता है पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में दोबारा विचार करें राजधानी रांची में जगन्नाथ मेले और रथ यात्रा का आयोजन इस वर्ष नहीं होगा रांची के एचईसी में कल आयोजित होनेवाली ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन इस बार नहीं होगा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कोरोना महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है हालांकि मंदिर में अनुष्ठान किया जाएगा जिसमें कोई भी श्रद्दालु शामिल नहीं होंगे झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब तक दो हजार एक सौ बारह हो गई है वहीं एक हजार चार सौ छियालीस लोगों ने इस बीमारी को मात दी है जबकि ग्यारह मरीजों की मौत हो चुकी है आज सिमडेगा से चार लोहरदगा से एक देवघर से पांच हजारीबाग से चार और रांची से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं देवघर में आज मिले पांच मरीजों में से तीन सारठ और दो सारवां प्रखंड के हैं जिला प्रषासन संक्रमित इलाकों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है साथ ही साथ संकमित मरीजों के संपर्क में आनेवाले लोगों का पता लगाया जा रहा है

ये सभी श्रमिक झारखंड के विभिन्न जिलों के रहनेवाले हैं उपायुक्त अमित कुमार के निर्देश पर श्रमिकों को शारीरिक दूरी बनाकर प्लेटफार्म पर उतारा गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गयी श्री कुमार ने बताया कि सभी श्रमिकों को भोजन का पैकेट देने के बाद सुरक्षित बसों से उनके घरों के लिए रवाना किया गया

गंगा राम अस्पताल के रुमैटोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डॉ वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे

इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है भारत दो हजार आठ से आईटीएफ का सदस्य हैं

उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने देश में अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए जल्दी और आसानी से अनुमति देने के लिए फिल्म सुविधा केन्द्र की पहल की है उन्होंने वैश्विक फिल्म निर्माताओं से भारत में फिल्मों की शूटिंग करने और वैश्विक बाजार के लिए फिल्में बनाने का आह्वान किया

प्रार्थी मुकेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया

सुनाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने जो परिणाम जारी किये हैं उसमें कई त्रटियां हैं आयोग ने क्ल प्राप्तांक के आधार पर मेघा सूची तैयार कर परिणाम जारी किया है जबकि उसे नियमानुसार प्रत्येक पेपर के क्वालीफाइंग मार्क्स के आधार पर मेधा सुची तैयार कर परिणाम जारी किया जाना चाहिए हजारीबाग पुलिस ने कई कंपनियों से पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है पकड़े गए अपराधियों के पास से तीन मोबाईल सेट एवं विभिन्न कंपनियों से वसूली गई सड़सठ हजार रुपये भी बरामद किया है

लातेहार जिले में कोयला कारोबारियों के विरूद्व गठित एसआईटी टीम ने अवैध रूप से कोयला कारोबार करनेवाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने गिरफ्तार कारोबारियों में से तीन को लातेहार एक को रामगढ और एक को पलाम से गिरफ्तार किया है

इस दौरान श्री आलम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दौरान भी राज्य सरकार ने न केवल प्रवासी मजदरों को सकृषल घर लाने का काम किया बल्कि उन्हे रोजगार मुहैया कराने की दिषा में पूरी संवेदनषीलता के साथ काम किया है

मॉनसून की बारिश के बाद किसान खेतों को तैयार करने में युद्ध स्तर पर जुट गये हैं किसानों को उम्मीद है कि इस वर्ष अच्छी फसल प्राप्त होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे

खूंटी जिले के अड़की प्रखंड क्षेत्र में विवादित पत्थलगढ़ी समर्थक तेजी से सरकार के साथ जुड रहे हैं अडकी प्रखंड के सभी कर्मचारी ग्रामीणों को उनका दस्तावेज वापस कर रहे हैं गौरतलब है कि दो वर्ष पूर्व ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ इलाके में समानांतर सरकार चलाने की बात कर रहे थे अड़की प्रखंड विकास अधिकारी गौतम साह ने बताया कि ग्रामीणों के बीच आपसी तनाव को दूर करने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है झारखंड के हर जिले में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है रोजाना ही तकरीबन हर क्षेत्र में औसत से ज्यादा बारिश हो रही है

राजधानी रांची में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश जारी है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज आदिवासी सोशल एजुकेशन एंड कल्वरल एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम के सदस्यों ने मुलाकात की मुख्यमंत्री को एसोसिएशन के सदस्यों ने संताली एकेडमी का निर्माण संताली भाषा को राजभाषा का दर्जा संताली शिक्षकों की नियुक्ति नियुक्त संताली शिक्षकों को समय पर वेतन एवं संताल बहल क्षेत्र में कक्षा एक से पीजी तक की पढ़ाई संताली भाषा में करने संबंधी मांग पत्र सौंपा